अपने एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पर राजनीति करने वालों को देश के दूसरे राज्यों और बाकी दुनिया से सबक लेना चाहिए इससे पहले एक अन्य ट्वीट संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आश्वस्त किया कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षा और अन्य मापदंडो पर कोविड नाइंटीन से रक्षा करने में सक्षम हैं उन्होंने कहा कि दृनिया भारतीय वैक्सीन पर पूरा भरोसा करती है उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से निवेदन किया है कि जिस तरह देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने पूरी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड नाइंटीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और बड़ी संख्या में अपने लोगों को बचाने में सफल रहे हैं उसी तरह आगे भी यह काम जारी रखा जाए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है और जो लोग स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं वे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा कर रहे हैं इससे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीती आठ फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन की खुराक न भेजी जाए क्योंकि इस वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के पूरा होने और उसके परिणामों से अब तक अवगत नहीं कराया गया है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई दो स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड तो लगाई जा रही है लेकिन कोवैक्सीन नहीं कोरोना समाचार इस बीच केन्द्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में लगभग नब्बे लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है इनमें चौंसठ लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और पच्चीस लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी है टीकाकरण शुरू हुए एक महीना हो चुका है लेकिन राज्य में अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ चौंतीस प्रतिशत लोगो को ही कोविड वैक्सीन लगाई गई है कल सोलह फरवरी को प्रदेश में पंद्रह हजार छह सौ से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया इनमें एक हजार चार सौ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई वहीं रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई इस दौरान उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बिना किसी डर के इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावकारी बताया इस बीच सचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए कल अट्ठारह फरवरी से जागरूकता रथ का संचालन किया जाएगा इस रथ को रायपुर प्रादेशिक लोकसंपर्क और पत्र सुचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा यह जागरूकता रथ आगामी ग्यारह मार्च तक रायपुर शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगा इसके जरिये आम जनता को जागरूक किया जाएगा विमान सेवा बिलासपुर शहर से आगामी एक मार्च से जबलपुर प्रयागराज और दिल्ली के लिए हवाई यात्री सेवा शुरू हो जाएगी विमान सेवा के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है यह समय सारिणी सत्ताईस मार्च तक के लिए होगी भिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर से दिल्ली के लिए एटीआर बहत्तर विमान सेवा की दो उड़ाने सोमवार बुधवार शुक्रवार और शनिवार को बिलासपुर के चकरभाटा विमानतल से संचालित की जाएंगी पहली उड़ान दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए दोपहर तीन बजकर बीस मिनट पर बिलासपुर पहुंचेगी और तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर बिलासपुर से उड़ान भरकर प्रयागराज होते हुए दिल्ली वापस लौटेगी वहीं दूसरी उड़ान दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम चार बजे बिलासपुर पहुंचेगी और शाम सादे चार बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली वापस जाएगी इस यात्री विमान सेवा के ॅलिए एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने अपनी सहमति दे दी है इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही कार्रवाई कर अनुमति जारी की जाएगी मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखा है इस पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह ही देने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष आर्थिक दृष्टि से कठिन रहा है साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में करीब तीस प्रतिशत की कमी आना संभावित है उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में एक्साइज ड्यूटी में कमी कर कृषि अधोसंरचना विकास सेस लगाने की घोषणा की गई है जिससे प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में नौ सौ से एक हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाले अतिरिक्त नुकसान से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर पडेगा इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आय के स्रोत को बढाना राज्य की जिम्मेदारी है

इस संबंध में आज रायपूर में पार्टी की वेबिनार बैठक हुई बैठक में धरना प्रदर्शन के साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया इसी दिन सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बाद में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा इस सिलसिले में पार्टी के नेता राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकारवार्ता लेकर महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मुद्दे पर जन जागरण अभियान भी चलाएंगे दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के समर्थन में राजनादगांव जिले के खैरागढ़ में बीस फरवरी को जन अधिकार पदयात्रा की जाएगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में निकलने वाली इस पदयात्रा में किसानों के साथ प्रदेश कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी जिले के कांग्रेस विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ब्लॉक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा महिला तथा किसान कांग्रेस और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे खैरागढ़ के ढीमरीनकुआं से शुरू होने वाली यह पदयात्रा शहर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा शिवरतन शर्मा प्रे सवार्ता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज पटाने के लिए कर्ज ले रही है आज जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास के काम रूक चुके हैं नगरीय निकायों की माली हालत खराब है श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की अधिकांश योजनाओं पर राज्य सरकार अपना अंशदान नहीं दे रही है जिसकी वजह से आम जनता इन योजनाओं से वंचित हो रही है प्रकरण वापसी प्रदेश में वर्तमान में चिन्हित राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कल अट्ठारह फरवरी को होगी यह बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साह की अध्यक्षता में उनके रायपुर स्थित आवास में होगी बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकमार डहरिया महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उपस्थित रहेंगे मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में कल से मौसम का मिजाज बदल गया है इसके कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की खबर है मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले में सर्द हवाओं के साथ झमाझम बारिश हई है वहीं बिलासपुर में आज रिमझिम बारिश होने से तापमान में कमी आई है साथ ही ठंड भी बढ़ गई है इघर मुंगेली में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं घमतरी जिले सहित प्रदेश के कई अन्य हिस्सों से भी बारिश होने के समाचार मिले हैं राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सर्द हवाओं के साथ सुबह से ही बदली छाई रही इस दौरान तापमान में गिरावट दर्जे की गई मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आया है जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है इस बीच प्रदेश में बेमौसम बारिश होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं मौसम में आए बदलाव के कारण दलहन और सब्जियों की फसलों के खराब होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विज्ञान विमाग के प्रमुख डॉक्टर जीके दास ने बताया कि यदि अगले दो तीन दिनों में भी बारिश होती है तो सब्जियों और कुछ अन्य फसलों को नकसान हो सकता है लेकिन इस बारिश से गेहं की फसल को फायदा होगा उन्होंने बताया कि सब्जियों और अन्य फसलों में नमी आ जाए तो उचित मात्रा में दवा का छिड़काव किया जा सकता है रेलवे निबंध प्रतियोगिता रेलवे की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और हिन्दी के प्रति रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा रेल यात्रा वृतांत पूरस्कार योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक रेल संबंधित संस्मरण तीन हजार शब्दों में दो प्रतियों में टाईप कराकर तीस जून दो हजार इक्कीस यात्रा से तक रेल भवन दिल्ली भेज सकते हैं इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को दस हजार रूपये द्वितीय पुरस्कार को आठ हजार और तृतीय पुरस्कार को छह हजार रूपये दिए जाएंगे

संक्षिप्त समाचार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज जांजगीर चांपा जिले के जेठा गांव में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं के पूरक परीक्षा परिणामों के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे आज जारी कर दिए हैं इसे मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है दुर्ग जिले में आगामी तीन मार्च से होने वाली थल सेना भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर हैं साथ ही अभ्यर्थियों के रूकने के लिए स्थान भी निर्धारित कर दिए गए हैं मुंगेली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हुआ इस दौरान विभिन्न आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया कबीरधाम के रूसे गांव में कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी इस हादसे में चालक की मौत हो गई वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है